नई दिल्ली में एक समारोह में श्री नायडू ने कहा कि सुशासन से भ्रष्टाचार और भेदभाव समाप्त होता है श्री नायडू ने लोगों से आने वाली पीढ़ी के लिए प्रकृति को संरक्षित रखने की अपील की उपराष्ट्रपति ने कहा कि विकास का लाभ सभी नागरिकों को मिलना चाहिए केंद्र सरकार ने ढाई अरब रुपये की विशेष मंजूरी देकर बकाया छात्रवृत्तियों का मसला हल कर दिया है मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में पत्रकारों को बताया कि इस बात की अनेक शिकायते मिली थी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ए आई सी टी ई द्वारा समय पर छात्रवृत्तिया नहीं वितरित की जा रही है इसीलिए ये विशेष मंजूरी दी गई है उन्होंने कहा कि अब हर महीने की तीस तारीख को छात्रों के खाते में उनकी फेलोशिप पहूंच जायेगी श्री जावड़ेकर ने कहा कि सरकार हर वर्ष करीब ढ़ाई लाख छात्रों को चार हजार करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान करती है उनहोंने कहा कि छात्रवृत्ति की राशि में वृद्धि की शोध छात्रों के मांग पर सरकार का रुख साकारात्मक है राजधानी क्षेत्र ईटानगर में जिला प्रशासन द्वारा कल पापु नालाह में चलाए गए मोटर वाहन निरीक्षण के दौरान यातायात नियमों के उल्लंघन के अड़तालीस मामले दर्ज किए गए है मोटर वाहन अधिनियम के उल्लंघन की जांच के लिए यह अभियान चलाया गया राजधानी क्षेत्र जिला उपायुक्त प्रिंस धवन ने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील करते हुए कहा यह नियम लोगों की सुरक्षा के लिए है केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय का फोटो प्रभाग अगले साल फरवरी में सातवें राष्टीय फोटोग्राफी पुरस्कार प्रतियोगिता का आयोजन करेगा जिसमें फोटोग्राफरों को विभिन्न प्रस्कारों से सम्मानित किया जायेगा तीन लाख रुपये का एक लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया जायेगा पेशवर फोटोराफरों की श्रेणी में एक लाख का एक पुरस्कार और पचास पचास हजार रुपये के पांच पुरस्कार दिए जाएंगे शौकिया फोटोग्राफरों की श्रेणी में पचहत्तर हजार रुपये का एक पुरस्कार और तीस तीस हजार रुपये के पांच प्रस्कार दिए जाएंगे प्रस्कारों के लिए आवेदन इस महीने की ईकतीस तारीख तक भेजे जा सकते है

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने चार वर्ष प्रा कर लिया है वर्ष दो हजार चौदह में इस मंत्रालय की स्थापना बेहतर आजीविका के लिए युवाओं के कौशल विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखकर किया गया था इस मंत्रालय ने देश भर में राष्ट्रीय कौशल मानदंड के अनुरुप सभी कौशल विकास कार्यक्रमों को सफलता पूर्वक पूरा कर रहा है एक अधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार कौशल भारत कार्यक्रम के तहत प्रत्येक वर्ष एक करोड़ से अधिक युवा इससे जुड़कर लाभ उठा रहे है केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कारके संबंध में नामांकन आमंत्रित किए है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर तेईस जनवरी दो हजार उन्नीस को विजेताओं के नाम घोषित किए जाएंगे नामांकन की अंतिम तिथि सात जनवरी दो हजार उन्नीस है

उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के लोगों को कुंभ मेले में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया श्री सिंह ने बताया कि इस मेले के लिए प्रत्येक राज्य के लोगों की सहभागिता के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे है उन्होंने कहा कि कुंभ मेला एक भारत श्रेष्ठ भारत का अद्भुत उदाहरण है श्री सिंह ने बताया कि प्रत्येक सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए अत्याध्रनिक उपकरणों की व्यवस्था की गई है उन्होंने कहा कि इस मेले में एक सौ बानवे देशों के प्रतिनिधियों के भाग लेने की संभावना है श्री सिंह ने यह भी बताया कि चार सौ पचास वर्षों के बाद पहली बार अक्षय वट और सरस्वती कूप को खोला जाएगा